वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा का आयोजन देश में जल्द होने वाली परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए श्री मोदी ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे परीक्षा में असफल होने पर उम्मीद न छोड़े उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपे बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे बच्चों को अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का जरिया न बनायें प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती है और इन्हें समझना बहुत जरुरी है मुख्यमंत्री पेमा खांड्र और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिज् ने कल तवांग में लुम्ला में झाम्से गत्सल चिल्रन्स कम्यूनिटी का दौरा किया मुख्यमंत्री ने बच्चों को शैक्षणिक विषयों सहित प्यार करुणा और ज्ञान का पाठ सिखाने के लिए संस्थान के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि झाम्से गत्सल को प्रेम और करुणा का बगीचा भी कहा जाता है जहाँ बच्चों को एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है मुख्यमंत्री ने लुम्ला में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा चलाए जा रहे एक्लव्या मॉडल आवासीय विद्यालय का भी दौरा किया दौरे में श्री खांडू ने कहा कि स्कूल में बच्चों के आध्यात्मिक और शैक्षणिक रुप से विकसित होने के लिए सभी आवश्यक वातावरण है उन्होंने बच्चों से स्कूल द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सभी ज्ञान और माहौल का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और समकक्ष शैक्षिक संवर्ग रजिस्ट्रर वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक के भत्तों और विशेष भत्तों में बढ़ोत्तरी की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी किया है यह आदेश केंद्र वित्त पोषित समकक्ष विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा कुलपति के लिए संशोधित विशेष भत्ता प्रतिमाह ग्यारह हजार दौ सौ पचास रुपए उपकुलपति के लिए नौ हजार रुपए स्नात्कोतर महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के लिए छह हजार सात सौ पचास रुपए और स्नातक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को साढ़े चार हजार रुपए का विशेष भत्ता दिया जाएगा मंत्रालय के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के तीस हजार तथा मानद विश्वविद्यालयों के साढ़े पांच हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा अरुणाचल प्रदेश डिविजन की डाक सेवा निदेशालय ने आज ईटानगर के विज्ञान केंद्र में डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई समारोह को संबोधित करते हुए राजधानी जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने कहा कि भारत डाक सेवा एकमात्र ऐसा विभाग है जो सबसे आंतरिक और दूरस्थस्थानों तक पहुंच सकता है और लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकता है उन्होंने कहा कि आज के इस तकनिकी उन्नत दुनिया में डाक विभाग ने अपना महत्व नहीं खोया है बल्कि उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और बढ़ी है जो कि प्रशंसनीय है जिला उपायुक्त ने कहा कि एक चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण घटक पोस्टल बैलट होता है जिसे डाक विभाग समय पर संचालित करने के जिम्मेदार होता है प्रदर्शनी में राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों से कई विद्यार्थियों ने भाग लिया समारोह में विद्यार्थियों के लिए डाक के टिकट का संग्रहण पर संगोष्ठी और क्वीज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस का आज नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे अट्ठासी वर्ष के थे जार्ज फर्नांडिस का जन्म कर्नाटक में मंगलूरु में हुआ था वे उन्नीस सौ सत्तर के दशक में समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रुप में उभरे और बिहार में समता पार्टी के गठन से पहले जनता दल के नेता रहे वे नौ बार लोकसभा और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे उन्होंने केंद्र में रक्षा रेल और उद्योग मंत्री के रुप में कई महत्वपूर्ण पदो पर कार्य किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जार्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख व्यक्त किया है एक टवीट में उन्होंने कहा कि वे आपातकालिन के दौरान लोकतंत्र के जबरदस्त पक्षधर रहे और राष्ट्र को उनकी कमी हमेशा खलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जार्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख व्यक्त किया है पासीघाट के फिल्ड आउटरिच अधिकारियों ने कल ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में विशेष आउटरिच कार्यक्रम आयोजित किया कार्यक्रम का लक्ष्य केंद्रीय फ्लेक्शीफ योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरुकता पैदा करना था कार्यक्रम में पासीघाट और उसके सास पास के गांवो से गांव ब्रुढ़ा गांव सचिव आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित लगभग दो सौ ग्रामीणों ने हिस्सा लिया